बिजनौर और बलिया से शुरू हुई गंगा यात्रा का आज कानपुर में भव्य समारोह में होगा समापन कई केन्द्रीय और राज्य सरकार के मंत्री रहेंगे मौजूद नेपाल से सटे प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बरती जा रही है अतिरिक्त सतर्कता फर्रूखाबाद में पुलिस ने एक व्यक्ति द्वारा बंधक बनाए गये तेईस बच्चों को आज तड़के सुरक्षित छुड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बजट सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है वे कल नई दिल्ली में बजट सत्र से पूर्व आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने अधिकांश सदस्यों के इन विचारों से सहमति जताई कि सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यनंत्री प्रह्लाद जोशी संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन समेत सभी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान पैंतालिस विधेयक लाए जाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल शाम राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई अध्यक्ष ने संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों को भरोसा दिलाते हुए उनसे जनता के हितों को ध्यान में रखर्त हुए कानूनों को पारित कराने में मदद करने को कहा संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है सत्र की शुरूआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी आर्थिक सर्वक्षण भी आज ही संसद में पेश किया जाएगा आम बजट कल पेश किया जाएगा इस बजट सत्र का पहला चरण ग्यारह फरवरी को समाप्त होगा जबकि दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा प्रदेश में बिजनौर और बलिया से शुरू हुई गंगा यात्रा का आज कानपुर में भव्य समारोह में समापन होगा गंगा को स्वच्छ बनाये रखने का संदेश जन जन तक पहचाने के लिए गत सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पश्चिम में बिजनौर से और राज्यपाल आनदीबेन पटेल ने पूरब में बलिया से गंगा यात्रा के दो रथों को रवाना किया था ये दोनों रथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों की एक हजार तीन सौ अट्ठावन किलोमीटर की दूरी तय कर कानपुर पहुंचे हैं जहां आज यात्रा का समापन कार्यक्रम आयोजित होगा कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भाग लेंगे और विवरण हमारे कानपुर प्रतिनिधि से नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही गंगा यात्रा गुरुवार को देर रात कानपुर पहुंची गंगा यात्रा के आगमन पर बड़ी संख्या में जगह जगह लोगो ने बैंड बाजों और पुष्प वर्षा के साथ यात्रा दल का स्वागत किया बिवूर के पत्थर घाट पर यात्रा दल के सदस्यों और स्थानीय लोगो के साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार राणा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माँ गंगा का पूजन अर्चन कर आरती किया इस बीच बदुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माँ गंगा की विशेष स्तृति भी की गयी कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार राणा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की प्रेरणा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निकाली जा रही गंगा यात्रा के दौरान लोगो का अन्यूतपूर्व समर्थन मिला है लोग मोदीजी और गोगीजी के सोच को साकार करने के लिए गंगा की अविरलता निर्मलता और स्क्षता जैसे विषयो को लेकर प्रतिज्ञा ले रहे है इससे पूर्व बलिया से शुरू हुई गंगा यात्रा के कल कौशाम्बी पहुंचने पर शीतला धाम कड़ा में भव्य स्वागत किया गया इस अवसर पर जनसमा को संबोधित करते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से किया जा रहा है और इसका उद्देश्य गंगा की अविरलता और पवित्रता को बनाए रखना है श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृहद स्तर पर गंगा यात्रा का आयोजन किया है और इसे लोगों का पूरा समर्थन मिला है प्रतापगढ़ में कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा गंगा यात्रा में शामिल हुए वहीं बिजनौर से शुरू हुई गंगा यात्रा के कल कन्नौज पहुंचने पर वहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया इस अवसर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गंगा यात्रा का उद्देश्य गंगा किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों को रोजगार देना है उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नगरों से द्रषित जल गंगा में न जाए गंगा यात्रा कल फर्रुखाबाद भी पहुंची जहां यात्रा के रथ का भव्य स्वागत किया गया

कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से उन्होंने यह बात कही नेपाल में कोरोना वायरस के मामले प्रकाश में आने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है बलरामपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की एहतियातन सूचना देने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध मामले की तुरन्त पहचान की जा सके मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि नेपाल की सीमा से सटे देवीपाटन मंडल के बहराइच बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में विमाग ने इस सम्बंध में एडवाइजरी जारी की है उन्होंने कहा कि सीमावर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों और उपकेन्द्रों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं उधर केन्द्र सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस की जांच के लिए देश में प्रयोगशाला सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है

छह अन्य प्रयोगशालाएं आज से काम करना शुरू कर देंगी केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विदेश रक्षा गृह नागर विमानन सूचना और प्रसारण श्रम और रोजगार तथा जहाजरानी जैसे संबद्व मंत्रालयों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की कैबिनेट सचिव ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ भी इस वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया सरकार ने बेहतर ढ़ंग से निगरानी के लिए संबद्द पर्यटक स्थलों पर चैकपोस्ट बनाने का भी फैसला किया है ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें नोडल अधिकारी नियंक्त करें और नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर को प्रचारित करें संबद्व राज्यों द्वारा सूचना और संचार सामग्री स्थानीय भाषा में तैयार कराई जा रही है इस बीच केरल में कोरोना वायरस से संक्रमित एक रोगी की पुष्टि हुई है जो चीन के वुहान विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उसे अस्पताल में पृथक वार्ड में रखा गया है फर्रुखाबाद के केसरिया गांव में एक व्यक्ति द्वारा बंधक बनाए गये तेईस बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है पुलिस ने आठ घंटे के प्रयास के बाद आज तड़के बच्चों को मुक्त कराया और बंधक बनाने वाले व्यक्ति को मार गिराया उसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर बच्चों को बुलाकर उन्हें बंधक बना रखा था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से इस घटना पर बारीकी से नजर रखी देश ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बहत्तरवीं पृण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उन्नीस सौ अड़तालिस में कल ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रदेश में भी गांधी जी की प्ण्यतिथि पर उन्हें याद कर विमिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया बदायूं में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने शहीद पार्क में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दो मिनट का मौन रख राष्ट्रपिता को श्रद्वाजलि अर्पित की इस अवसर पर लोगों से अच्छे और विकास कार्यो के लिये शपथ दिलाई गई उधर इस अवसर पर मऊ जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तेरह फरवरी तक स्पर्श कृष्ठ जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश चन्द्र सिंह ने बताया कि अमियान के दौरान जनपद में कृष्ट रोग के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी और उन्हें निशुल्क जांच और दवाए दी जाएंगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए वे नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को भ्रमित कर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं श्री सिंह कल जौनपुर के नईगंज में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून राष्ट्रहीत में है उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों को नागरिकता देने के लिये लागू किया गया है और इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीन तलाक की प्रथा और जम्मू कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर को समात करने जैसे ऐतिहासिक फैसले किए गए